प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी नई दिल्ली में लाल किले की प्राचीन पर राष्ट्रीय ध्वज फहरायेंगे और राष्ट्र को सम्बोधित करेंगे

इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे और स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जायेगा हरियाणा का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह पंचकूला में होगा जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ध्वजारोहण करेंगे और परेड की सलामी लेंगे

यह सम्बोधन हिन्दी में शाम सात बजे से आकाशवाणी के समूचे नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर प्रसारित किया जायेगा

इस अवसर पर प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने विशिष्ट एवं सराहानीय सेवाओं के लिए प्लिस पदक प्राप्त करने वाले सभी अधिकारियों को बधाई दी है हरियाणा प्लिस महानिदेशक मनोज यादव ने स्वंतत्रता दिवस समारोह के मद्देनज़र सभी जिला प्लिस प्रमुखों के साथ समग्र स्रक्षा व्यवस्था की समीक्षा की प्लिस महानिदेशक ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों शहीदों के परिवारों सहित प्लिस व स्रक्षा बलों के सदस्यों व उनके परिजनों को श्भकामनायें दी है उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण तरीके से मनाने के लिए राज्यभर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है इसके अलावा जिला प्लिस प्रम्खों को उन स्थानों पर अतिरिक्त प्लिस बल तैनात करने का निर्देश दिया गया है जहां राष्ट्रीय ध्वज फहराया जायेगा हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा है कि काला रत्आ की समस्या से किसानों को निजाज दिलाने के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की टीम गठित की गई है कपास बाहल्य क्षेत्रों में कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण देगी कृषि मंत्री आज विश्वविदयालय के अधिकारियों के साथ बैठक सम्बोधित कर रहे थे इस दौरान क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों का एक व्हाटसैप ग्रुप बनाने का निर्णय भी लिया गया इसके माध्यम से ये अधिकारी सूचना का आदान प्रदान करेंगे और खेतों का दौरा करते हये इस बीमारी की पता लगायेंगे

नगर निगम में भी करोना ने दस्तक दी है नगर निगम के अतिरिक्त आय्क्त सौरभ अरोड़ा पॉजिटिव पाए गए हैं नगर निगम कार्यालय का प्रथम तल सील कर दिया गया है

ग्रूग्राम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गृहमंत्री कुछ दिन के लिए घर में ही संगरोध में रहेंगे गौरतलब है कि श्री अमित शाह कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद दो अगस्त ग्रूग्राम के एक निजी अस्प्ताल में दाखिल थे

करनाल नगर निगम की ओर से द्वकानदारों और राहगीरों को निश्ल्क मास्क दिये जा रहे है हमारे संवाददाता ने बताया कि यह टीम चार दिन से इस कार्य में ज्टी हई है

पश्चिमी यमुना नहर के लगभग दो किलोमीटर लम्बाई का विस्तार को भ्रमण स्थल के रूम में विकसित करने के लिए इसके लिए नक्शे को मंजूरी मिल गई है करनाल से हमारे संवाददाता ने बताया कि उपाय्क्त निशांत क्मार यादव ने इसे मंजूरी दी है डिजाइन के अनुसार इसके में साइकल ट्रैक टहलने के लिए सार्वजनिक मार्ग पगडंडी बैठने के लिए जगह और जैब विविधता आधारित पार्क बनाये जायेंगे

राज्य मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि एक गांव को द्रसरे गांव से जोड़ने वाले कच्चे रास्ते को पक्का करवाकर नई सड़के बनवाई जाये ताकि आमजन व किसानों को आने जाने में अस्विधा न हो